उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी भीड़ इकटठा न हो लखनऊ में आज लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा करते हए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए उन्होंने कहा कि अब तक बीस लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक राज्य में वापस आए हैं मुख्यमंत्री ने सभी क्वारंटीन केंद्रों पर प्रवासी श्रमिकों की स्वास्थ्य जांच के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को पंद्रह दिन की खाद्यान्न किट दी जाए और नियमित तौर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए उनके राशन कार्ड बनाए जाएं मुख्यमंत्री ने क्वारंटीन होने के दौरान श्रमिकों को एक हजार रूपए का भरण पोषण भत्ता भी देने के निर्देश दिए हैं रिजर्व बैंक ने रेपो दर चार दशमलव चार प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत कर दी है रिवर्स रेपो दर में भी कमी की गई है रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज मुंबई में मीडिया को इसकी जानकारी दी रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि आज घोषित उपायों को मुख्य रूप से चार वर्गों में बांटा गया है ये हैं बाजार के कामकाज में स्धार लाना आयात और निर्यात को बढ़ावा देना ऋण सेवाओं और कार्यकारी पूंजी के मामले में राहत देकर आर्थिक दबाव को कम करना और राज्य सरकारों के वित्तीय संकट को कम करना शक्तिकांत दास ने बताया कि कोविड नाइन्टीन महामारी के कारण निजी खपत में बहुत कमी आई है जिससे निवेश कम हुआ है और आर्थिक गतिविधियों में मंदी की वजह से सरकार के राजस्व पर प्रतिकूल असर पडा है दलहन के मूल्यों में बढोतरी के कारण मुद्रा स्फीति की स्थिति अनिश्चित बनी हुई है जिस कारण आयात शुल्क की समीक्षा की आवश्यकता है कंपनियों को बैंकों से उनकी फडिंग संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए बैंकों की ग्रुप एक्सपोजर सीमा को पच्चीस से बढ़ाकर तीस प्रतिशत किया गया है बढ़ी हुई सीमा तीस जून दो हजार इक्कीस तक लागू रहेगी फिक्की के महासचिव दिलिप चिनॉय ने रिजर्व बैंक की घोषणाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इससे उद्योग जगत और समूवी अर्थव्यवस्था को बहत बल मिलेगा केन्द्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर एक डिजिटल कार्यक्रम को संबोधित किया उन्होंने कहा कि विश्व के भूमि संसाधनों में भारत की हिस्सेदारी दो दशमलव पांच प्रतिशत है मानव और मवेशी आबादी में यह हिस्सेदारी सोलह सोलह प्रतिशत है भारत ने विश्व की जैव विविघता में करीब आठ प्रतिशत योगदान दिया है उन्होंने कहा कि भारतीय दर्शन में विश्व को परिवार समझने और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखने का संदेश दिया गया है देश में कोविड नाइन्टीन संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढकर एक लाख अट्ठारह हजार चार सौ सैंतालिस हो गई है इस महामारी से तीन हजार पांच सौ तिरासी लोग अपनी जान गवां चुके हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि छाछठ हजार तीन सौ तीस रोगियों का उपचार किया जा रहा है अभी तक अड़तालिस हजार पांच सौ तैंतीस व्यक्ति उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं उधर प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान तीन सौ इकतालिस लोगों में संक्रमण की पृष्टि हुई क्ल संक्रमितों की संख्या दो हजार एक सौ तिहत्तर हो गई है जबकि एक सौ अड़तीस लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है अब तक तीन हजार दो सौ चार लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय कार्यक्रम में कोविड नाइन्टीन के बारे में प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञों की राय से अवगत कराता है नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के न्यूरोसाइंसेज सेंटर के अध्यक्ष डॉ एम वी पदमा का मानना है कि लोगों को सुरक्षित रहने और कोविड नाइन्टीन के फैलाव की श्रंखला को तोड़ने के लिए घर पर रहने की आवश्यकता है एम्स के ही मेडिसिन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर नीरज निश्चल ने घर पर रहने की सलाह का पालन करने के महत्व पर प्रकाश डाला

यह बातचीत देशभर के सभी सामुदायिक रेडियो स्टेशनों पर एक साथ प्रसारित की जाएगी श्रोता शाम सात बजकर तीस मिनट पर हिंदी में और नौ बजकर दस मिनट पर अंग्रेजी में आकाशवाणी के एफ एम गोल्ड पर यह प्रसारण सुन सकेंगे विभिन्न मंचों से फैलाई जा रहीं फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए हम तथ्यों की जांच कर भ्रान्तियों को दूर करने का प्रयास करते हैं एक गुजराती समाचार पत्र में कल प्रकाशित एक खबर में दावा किया गया कि देश में प्रति एक लाख की आबादी पर आठ हजार लोग कोरोना संक्रमित हैं ये दावा पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद है पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने स्पष्ट किया है कि देश में कल शाम तक प्रति एक लाख आबादी पर केवल आठ दशमलव तीन लोग ही कोरोना वायरस से ग्रस्त हैं